निकाय चुनाव मतदान प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होगा इसके लिए मतदान दलों को आज मतदान सामग्री का वितरण कर पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया गया गौरतलब है कि प्रदेश के एक सौ इंक्यावन नगरीय निकायों के दो हजार आठ सौ चालीस वार्डो में कल मतदान होगा मतदान का समय सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक तय किया गया है सभी नगरीय निकायों में इसी अवधि के दौरान मतदान होगा इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह चुनाव के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं प्रदेश के जिन नगरीय निकायों में चुनाव होना है उनमें दस नगर निगम अड़तीस नगर पालिका और एक सौ तीन नगर पंचायतें शामिल हैं वहीं बिरगांव के एक और भिलाई के दो वार्डो में उप चुनाव होगा इन सभी निकायों में चालीस लाख पांच हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे मतदान के लिए पांच हजार छह सौ चौंतीस मतदान केन्द्र बनाए गए हैं

आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केन्द्रों में मोबाइल फोन लेकर न आएं निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान केन्द्रों में सेल्फी जोन और मतदान की प्रक्रिया के संबंध में पोस्टर लगाने के भी निर्देश दिए हैं श्रम विभाग ने कारखानों और संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस इक्कीस दिसंबर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया है वहीं प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में भी सार्यजनिक अवकाश रहेगा मतदाता पहचान पत्र कल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में मतदाता परिचय पत्र के अलावा सत्रह अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को पहचान पत्र के रूप में मान्य किया गया है इनमें से किसी भी एक पहचान पत्र को दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेंगे राज्य निर्वाचन आयोग ने जिन दस्तावेजों को पहचान पत्र के रूप में मान्य किया है उनमें भारत निर्वाचन आयोग व्दारा जारी मतदाता परिचय पत्र बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक पासपोर्ट पैन कार्ड आधार कार्ड राज्य अथवा केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय व्दारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज मनरेगा जॉब कार्ड स्मार्ट कार्ड और ड्राइविंग लायसेंस शामिल है इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र दसवीं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र वैघ फोटोयुक्त राशन कार्ड फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र और फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस का भी उपयोग कर मतदाता चुनाव में मतदान कर सकेंगे राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग की वेबसाइट सीजीएसई सी डॉट जीओवी डॉट इन के जरिये भी मतदाता पर्ची निकालने की सुविधा दी है इस वेबसाइट पर मतदाता सर्च करके अपने नाम की मतदाता पर्ची का प्रिंट आउट स्वयं निकाल सकते हैं इसके लिए वेबसाइट के दाहिनी ओर लिंक वोटर सर्च पर क्लिक करना है पीएससी परिणाम राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी ने मुख्य परीक्षा दो हजार अट्ठारह के परिणाम घोषित कर दिए हैं इसके अनुसार आठ सौ इक्कीस अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित हुए हैं ये साक्षात्कार तीस दिसंबर से इक्कीस जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के एक दिन पहले मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना होगा जिन अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज का सत्यापन नहीं कराया जाएगा उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पीएससी ने सत्रह सेवाओं के लिए कुल तीन सौ तिहत्तर पदों पर आवेदन मंगाए थे प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात कुल चार हजार एक सौ अट्ठाईस अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे हाईकोर्ट आरक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई तक भर्ती विज्ञापन पर रोक लगा दी है उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है मामले की अगली सुनवाई तेरह जनवरी को होगी गौरतलब है कि उनतीस दिसंबर दो हजार सत्रह को आरक्षक के दो हजार दो सौ उनसठ पदों के लिए सत्ताईस जिलों में विज्ञापन जारी किया गया था लेकिन साक्षात्कार के पहले ही इस भर्ती को राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया जिसके बाद अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी इस मामले में उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने राज्य सरकार की तरफ से भर्ती निरस्त किए जाने और भर्ती नियम में बदलाव को उचित मानते हुए भर्ती में रोक लगाने से इंकार कर दिया था राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन के दरबार हॉल में अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा सभी के लिए विकास विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया इस अवसर पर अहिंसा विश्व भारती संस्था के संस्थापक आचार्य डॉक्टर लोकेशमुनि ने डेढ़ सौ करोड़ रूपए की लागत से विश्व शांति केन्द्र स्थापित कराने की घोषणा की राज्यपाल ने कहा कि ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से महात्मा गांधी की शिक्षाओं से लोगों को अवगत कराया जा सकेगा अहिंसा विश्व भारती संस्था समाज में नशाखोरी कन्या भ्रण हत्या पर्यावरण प्रदूषण आदि सामाजिक बुराईयों के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रही है आधार केन्द्र छत्तीसगढ़ का पहला आधार सेवा केन्द्र रायपुर के पंडरी में शुरू हो गया है इस केन्द्र को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई द्वारा संचालित किया जा रहा है इस केन्द्र में प्रतिदिन एक हजार नये पंजीकरण और पुराने आधारों को अपडेट किया जा सकेगा आधार पंजीकरण और पांच वर्ष से पन्द्रह वर्ष की आयु तक के लिए अपडेशन निःशुल्क है वहीं अन्य सभी प्रकार के सुधार के लिए पचास रूपए शुल्क लिया जाएगा इस आधार सेवा केन्द्र में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी मिलेगी यह केन्द्र प्रतिदिन सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक खुला रहेगा गौरतलब है कि इस सेवा केन्द्र में आधार पंजीकरण के अलावा आधार में नाम पता लिंग जन्म तिथि मोबाइल नंबर ई मेल फोटो उंगलियों की पहचान और आंखों की पुतलियों का अपडेशन भी कराया जा सकता है

धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर रोक लगाने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लगातार धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है इस सिलसिले में खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह और मार्कफेड की प्रबंध निदेशक शम्मी आबिदी ने आज कांकेर जिले के पखांजूर और बांदे धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया इन केन्द्रों में अव्यवस्था पाए जाने पर लैंपस प्रबंधक और नोडल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया वहीं एक कम्प्यूटर ऑपरेटर पर अपराध दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया कृश्ती प्रतियोगिता सेंट्रल इंडिया कुश्ती प्रतियोगिता में भिलाई के अवधेश यादव ने केशरी का खिताब अपने नाम कर लिया है दुर्ग में आयोजित इस एकदिवसीय स्पर्धा में ओडिशा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के करीब एक सौ बीस खिलाड़ियों ने अपना दम खम दिखाया छत्तीसगढ़ की ओर से पच्चीस खिलाड़ियों ने स्पर्धा में भाग लिया पुरूष वर्ग में भिलाई के अवधेश यादव ने केशरी का खिताब तो वहीं भिलाई के ही सत्येन्द्र यादव लोकपाल चुने गए महिला वर्ग में रायपुर की सती तीसरे स्थान पर रहीं

वहीं अस्पताल के पूर्व अधीक्षक विवेक चौधरी को रेडियो थैरेपी विभाग का डायरेक्टर सह प्राध्यापक बनाया गया है

यह गाड़ी आगामी तेईस दिसंबर को सिकंदराबाद से रायपुर आएगी इसी प्रकार चौबीस दिसंबर को रायपुर से सिकंदराबाद के लिए रवाना होगी